स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कोरोना हॉटस्पॉटों पर रेंडम और क्लस्टर सैम्पलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए

राज्यपाल कलराज मिश्र ने उच्च शिक्षा को ऑनलाइन करने की रणनीति बनाए जाने पर जोर दिया

न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र में असंतोष की आवाज को बंद नहीं किया जा सकता है लेकिन यह शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिका पर अंतिम आदेश के अधीन होगा

विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को इस मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं मिल पाई है

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की याचिका महत्वपूर्ण सवाल उठाती है और इस पर विस्तत सुनवाई की आवश्यकता है इधर राजस्थान उच्च न्यायालय ने सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को नोटिस दिये जाने के मामले में कल अपना फैसला देगा इस संबंध में उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दोनों पक्षों की सनवाई का काम पुरा कर फैसला सुरक्षित रखा था

इसकी शुरूआत सबसे पहले जोधपुर से की जाएगी डॉ शर्मा ने बताया कि प्रदेश में बिना किसी लक्षण के पॉजिटिव आने वाले मरीजों को चिन्हित करना या उनकी पहचान करना सबसे बड़ी चनौती है जांच के जरिए ही इस बात का पता लगाया जा सकता है उन्होंने कहा कि जोधपुर शहर में पॉजिटिव को चिन्हित करने के लिए रामगंज मॉडल में काम में ली गई रेंडम सैम्पलिंग पद्वति अपनाई जाएगी

आईसीएमआर परीक्षण सुविधाओं में लगातार बढोतरी कर रही है

ग्रामीण इलाकों में जिला कलेक्टर द्वारा आपदा प्रबन्धन के लिए गठित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रूप और बीएलओ के माध्यम से सर्वे कराया जायेगा शहरी क्षेत्रों में ये कार्य नगर निकायों और बीएलओ के जरिये करवाया जायेगा बेसहारा और जरूरतमंद लोग मोबाइल एप या ई मित्र कियोस्क पर जाकर स्वयं अपना पंजीकरण करा सकते है सर्वे के दौरान सभी बेसहारा और जरूरतमंद पात्र व्यक्तियों और परिवारों से उनके व्यवसाय या आजीविका की सुचना भी आवश्यक रूप से प्राप्त की जाएगी जिनका पहले सर्वे किया जा चुका है उनके दुबारा सर्वे की आवश्यकता नहीं है

ऑनलाइन आयोजित समारोह में राज्यपाल ने नवनिर्मित विज्ञान भवन और उद्यमिता तथा कौशल विकास केन्द्र का उद्घाटन किया और संविधान उद्यान का शिलान्यास किया इधर जोधप्र में आज क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के संसाधन पर वेबिनार का आयोजन किया गया इस अवसर पर प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपूर की निदेशक ऋतु शुक्ला ने बताया कि वेबिनार के माध्यम से विद्यार्थियों को जोड़कर शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को संशक्तरूप से पहुंचा रहा है

खजर अनसंघान केन्द्र के प्रोफेसर डॉ एआर नकवी ने बताया कि केन्द्र पर खजर की विभिन्न प्रजातियों के डेढ हजार पेड़ है

अनुसंधान केन्द्र से खजूर खरीदने के लिए स्थानीय लोग और पास के पंजाब राज्य के खरीददार भी पहुंच रहे है ऐसे ही एक खरीददार ने बताया कि यहां के खजर बहत ही उम्दा किस्म के है

केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि ट्रैक्टरो और ऑटोमेटिक गाड़ियों के माध्यम से छिड़काव कर टिड्डी दलों को मारने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन जिन क्षेत्रों में टिड्डी दल का ज्यादा असर है वहां पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है ऐसे इलाकों में हेलीकॉप्टर से दवा छिडकाव किया जा रहा है उन्होंने कहा कि आगे भी जरूरत पड़ी तो क्षेत्र में हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने ट्वीट कर देशवासियों को शुभकानाएं दी है

महिलाएं घरों में तीज माता की प्रजा अर्चना कर रही है इस बार कोरोना संकमण को देखते हुए जयपुर की प्रसिद्ध तीज माता की शाही लवाजमे के साथ सवारी नहीं निकाली गई वहीं करौली स्थित मदन मोहन जो के मंदिर में श्रद्धालुओं को झांकी के ऑनलाइन दर्शन करवाए जा रह रहे हैं

राज्य के कई जिलों में तापमान कम हुआ है और लोगों को उमस से राहत मिली है

मौसम विमाग के अनुसार आज भीलवाड़ा बुंदी कोटा झालावाड़ सवाईमाघोपुर तथा टोंक जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है